उन्होंने मास्क पहनने नियमित रूप से हाथ धोने और स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया

इससे कोरोना वायरस का टीका तैयार करने में कोई असर नहीं पड़ेगा यह अध्ययन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए हैं

एक टवीट में श्री जावडेकर ने कहा कि वे लोगों से वार्तालाप करेंगे और उन्हें वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किये गये उपायों की जानकारी देंगे

विभाग के इस कदम से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को अवसर मिल सकेगा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इसके लिए हर पंचायत सभिति में एक मैदान का चयन कर उसे खेलने लायक बनाने के लिए चार चार लाख रुपये और खेल उपकरण दिये जाएंगे इनमें सौ से ज्यादा युवाओं को विभिन्न खेलों की सुविधा मिल सकेगी

उत्तर पश्चिम रेलवे के उप महाप्रबन्धक लेफ्टिनेंट शशि किरण ने बताया कि ये गाड़ियां बीकानेर और दिल्ली सराय रोहिल्ला जोघपूर और दिल्ली सराय रोहिल्ला और जम्मूतवी और अजमेर के बीच चलायी जाएगी

आप भी अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं